श्रद्वा भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज आन एआईआर डॉट काम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के युट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी इस कार्यक्रम के हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना पी एम ए वाई के तहत अब तक तीन करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है और डेढ करोड़ से अधिक निर्माणाधीन हैं श्री जावडेकर ने कल पुणे नगर निगम पी एम सी द्वारा पीएमएवाई के तहत पांच परियोजनाओं में बनाए गए मकानों के लिए निकाले जाने वाले ड्रॉ के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बारह करोड़ शौचालयों ढाई करोड़ परिवारों को बिजली की सुविधा चार करोड़ पानी के कनेक्शन और उज्ज्वला गैस जनधन आयुष्मान भारत तथा सभी के लिए शिक्षा जैसी विभिन्न परियोजनाए लाकर अनुकरणीय काम किया है

केन्द्र सरकार ने कोरोना से राहत के लिए कुछ विशेष ऋण खातों में साधारण व्याज और चक्रवद्वि व्याज के अंतर वाली राशि पर छह महीने के लिए अनुग्रह अनुदान देने की योजना मंजूर की है

इस योजना के तहत ऐसे लोग पात्र होंगे जिनका ऋण खाता संस्वीकृत सीमा के दायरे में है और जिसमें अधिकतम दो करोड़ रुपये तक का बकाया है योजना का लाभ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋणों आवास ऋण क्रेडिट कार्ड ऑटोमोबाइल ऋण उपभोक्ता ऋण और वैयक्तिक ऋण से लेकर व्यावसायिक ऋण तक के लिए लिया जा सकता है जिनकी कुल लेनदारी दो करोड़ रुपये से अधिक की होगी वे अनुग्रह भुगतान के लिए पात्र नहीं होंगे

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा अगर अगले तीन महीने हमने प्रीकॉशन्स साक्षानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैने जो बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना हैंड हाईजिन के बारे में रेस्ट्रोट्री एडिकेट्स के बारे में दो गज की दूरी के बारे में गीड़ गाड़ के इताकों को अवाइड करने के बारे में और जहां तक हो सकें फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आग्रह पूर्वक सारे सरकारों को सभी स्वयंसेवी सत्यावों को अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हए बताया कि राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में उन्सठ प्रतिशत की कमी आई है

उन्होंने प्रदेश में चलाये जा रहे संचारी रोग अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की है उन्होंने त्योहार के सीजन में और अधिक सतर्कता बरतने पर जोर देते हए लोगों से बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलने और सभी जरूरी साक्षानी रखने की अपील की

इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अगले माह अभियान चलाकर सात हजार गांवों में लोगों के गोल्डन कार्ड बनाये जायेंगे

इसमें महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु आन्ग्रप्रदेश पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ उत्तरप्रदेश राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं

देश में स्वस्थ होने वालों की दर नवासी दशमलव सात आठ प्रतिशत है

अघर्म पर धर्म असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व प्रदेशभर में आज श्रद्दा भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व अधर्म पर धर्म बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का संहार किया था सम्पूर्ण भारत में यह पर्व परम्परागत श्रद्वाभाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है उन्होंने कहा विजयादशमी का पर्व हमें आशा उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है विजयादशमी शक्ति उपासना का भी उत्सव है नवरात्रि के नौ दिन जगदम्बा की उपासना करके भक्तों में शक्ति का संचार होता है

एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने अपने ब्वाई संदेश में कहा है कि विजयादशमी का त्योहार अन्याय पर धर्म की बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है उन्होंने कहा कि विजयदशमी का त्योहार हमें आशा जत्साह और कर्जा र्क साथ अपने लस्प को प्राप्त करने का संदेश देता है

रामलीलाखों का मंचन भी सार्वजनिक स्तर पर व्रहद रूप में राज्य में नहीं किया जा रहा है लेकिन लोग अरोध्या में आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय रामलीला के द्वारा आयासीय रूप से रावण क्ष को देख सकेंगे यहां सरयू तट पर आयोजित किए जा रहे रामलीला के मंचन में आम जनता को तो कॅरोना काल में आने की मनाही है लेकिन इस संपूर्ण मंचन का दूरदर्शन के डीडी नेशनल और डीडी भारती के माध्यम से रोजाना सजीव प्रसारण किया जाता है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन कल अष्टमी और नवमी पर भक्तों ने शक्तिरूपा देवी के महागौरी और सिद्विदात्री रूप की पूजा अर्चना की भक्तों ने कोविड संबंधी एहतियाती उपायों का पालन करते हुए मन्दिरों में माता के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की अष्टमी और नवमी के पर्व पर भक्तों ने उपवास रखकर घरों में कन्याओं का पूजन और विधिविधान के अनुसार हवन पूजन किया